निर्वाचन आयोग ने इस केन्द्र पर सात दिसम्बर को हुए मतदान को शून्य घोषित कर दिया था गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार पुनर्मतदान के मामलों में भारी कमी देखी गई है

इसके लिये निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला मुख्यालयों पर स्ट्रॉग रूम में रखा गया है मतगणना के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से सुपरवाईजर मतगणना सहायक और अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है उधर मुख्य राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं साथ ही चुनाव से जुड़ी संभावनाओं पर मंथन के लिये बैठकों का दौर जारी रहा भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की कल जयपूर में बैठक हुई

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी कल नई दिल्ली में दिनभर आने वाले चुनाव परिणामों पर विचार विमर्श करते रहे

उन पर डीग कुम्हेर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विश्वेन्द्र सिंह ने ईवीएम मशीनों से छेड़छाड का आरोप लगाया है इस मामले में जांच की जा रही है अब पुलिस महानिरीक्षक मालिनी अग्रवाल और जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक की देखरेख में मतगणना कराई जायेगी श्रीमती अग्रवाल ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है उन्होने जनता से शांति बनाये रखने की अपील की

मिड डे न्यूज दोपहर बाद दो बजे से ढाई बजे तक और दोपहर समाचार ढाई बजे से तीन बजे तक प्रसारित होगा इसके अतिरिक्त कल मतगणना वाले दिन आकाशवाणी से सुबह साढ़े आठ बजे से दोपहर बाद दो बजे तक चुनावों की ताजा जानकारी के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे

मतगणना को लेकर कल आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र से भी हिन्दी और राजस्थानी में विशेष चुनाव समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जायेंगे

इस बीच केन्द्र सरकार ने दोनों सदनों में कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है

अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह संसद का अंतिम पूर्ण सत्र होगा

खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने नई दिल्ली में बताया कि इन खेलों में नौ हजार से अधिक युवा भाग लेंगे